चार वर्षीय बीएड कोर्स को भी सहमति

कई केन्द्रीय मंत्री आज से पूरे देश में सरकार के फैसले और उपलिब्धयों के बारे में जानकारी देने के लिए देश के विभिन्न शहरों में मीडिया को संबोधित कर रहे हैं इसी कड़ी में देहरादून में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने मीडिया को संबोधित किया

सरकार ने कड़े और बड़े फैसले लिए हैं

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहली बार हमारे देश ने आतंकवाद पर चोट की है

स्वच्छ भारत मिशन और फीट इंडिया अभियान उनमें से एक है

उन्होंने तीन तलाक बिल कानून का भी जिक्र किया

देहरादून में हिमालय दिवस के अवसर पर हिमालय विज्ञान चिंतन व विवेचना विषय पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने हिमालय दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हिमालय जहरीली हवाओं को खुद में समा कर नीलकंठ बना हुआ है हिमालय जड़ी ब्रूटियों की खान है जिस पर शोध किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि पर्यावरण रक्षा में उत्तराखंड का सबसे बड़ा योगदान है उन्होंने यह भी बताया कि हिमालय को लेकर नई शिक्षा नीति में एक छात्र एक पेड़ का संकल्प लिया गया है

वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में पॉलिथीन के प्रयोग और सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोका जाएगा उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखण्डवासियों के स्वभाव में है राज्य सरकार हिमालय के संरक्षण के लिए संकल्पित है हिमालय के संरक्षण के लिए यहां की संस्कृति नदियों और वनों का संरक्षण जरूरी है जल संरक्षण व संवर्धन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसी एक दिन को वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाएगा जिसमें कि पूरे राज्य में एक दिन में ही करोड़ों पौधे लगाए जाएंगे उधर एक अन्य कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हिमालय के संरक्षण औक संवर्धन के लिए केवल एक दिन नहं बल्कि प्रत्येक दिन सबको संकल्पित होना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश में अन्तरराष्ट्रीय कन्वेशन सेंटर खोला जा रहा है इस सेंटर में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर की गोष्ठियां आयोजित की जायेगी इससे स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे इस मौके पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि ऋषिकेश में उच्च शिक्षा के लिए श्रीदेव सुमन का कैंपस खुलने से यहां के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन में दिक्कत नहीं होगी उन्होंने कहा कि छात्रों के हित को देखते हुए ग्रेजुएशन स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम को खत्म किया गया है डेंगू हल्द्वानी मुख्यमंत्री सचिव और कुमाऊं आयुक्त राजीव रौतेला ने हल्द्वानी में फैल रहे वायरल बुखार मलेरिया और डेंग् बीमारी को गम्भीरता से लेते हुये स्वास्थ्य महकमे और नगर निगम की आपात बैठक बुलाई उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुये विभागों द्वारा किये जा रहे प्रयासों को नाकाफी बताया और युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिये श्री रौतेला ने कहा कि बुखार को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रान्तियां है जिसे दूर किया जाए उन्हों नगर स्वास्थ्य अधिकारी को प्रभावित क्षेत्रों के अलावा पूरे नगर निगम क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर फागिंग कराने के निर्देश दिये भाजपा संगठन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने आज देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में संगठन सदस्यता की समीक्षा की और सक्रिय सदस्यता को लेकर निर्देश दिए साथ ही देहरादून महानगर देहरादून जिला और हरिद्वार की सदस्यता की जिलेवार चर्चा की

इनमें देहरादून जिले में साठ हजार देहरादून महानगर में सत्तर हजार और हरिद्वार में अस्सी हजार नए सदस्य बने हैं

इस अवसर पर नन्दा देवी मंदिर से मां नन्दा सुनंदा की केले की खामो से बनी भव्य प्रतिमाओं को डोली पर सजाकर उनकी भव्य शोभायात्रा निकाली गई मान्यतानुसार डोली की विदाई बहन व कुल की बेटी की तरह की जाती है जिसके बाद दोनों प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया मां नन्दा सुनन्दा चंद वंशीय कुलदेवी के रूप में भी प्रचलित हैं इसलिए चंदवंशीय वंशज कुंवर केसी सिंह बाबा इस आयोजन में मौजूद रहे मेले के दौरान भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गए

उन्होंने कहा कि मां नन्दा पूरे उत्तराखंड में पूज्य हैं यह हमारा गौरव है कि हम इस देव भूमि के रहने वाले हैं चंद वंशीय कूल पुरोहित नागेश पंथ जी ने माँ नंदा के महत्व के बारे में जानकारी दी और सभी को मेले के सक्शल संपन्न होने की श्भकामनाएं दी इंडो नेपाल मीटिंग देहरादून में आयोजित हिमालयन ट्ररिज्म अवॉर्ड में नेपाल पर्यटन और उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के बीच वार्ता हुई इस अवसर पर नेपाल और उत्तराखण्ड के बीच पर्यटन के अवसरों में वृद्धि के साथ ही विभिन्न पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों पर सयुंक्त रूप से कार्य किये जाने पर सहमति बनी इसके साथ ही साहसिक पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर बल दिया गया

साथ ही काठमांडू से देहरादून के बीच एक हवाई सेवा शुरू किये जाने का भी आश्वासन दिया गया